भारत ने वैश्विक प्रगति को बढ़ावा देने में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाना को पूरा समर्थन देने का प्रस्ताव किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रासिलिया में ब्रिक्स व्यापार परिषद की बठक में यह घोषणा की

हमारे बीच आर्थिक प्रोक्ताओं की पहचान इस प्रयास में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सदस्य देशों के बीच आर्थिक संभावनाओं का पता लगाना जरूरी होगा श्री मोदी ने भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्षेत्रीय शाखा जल्द खोले जाने का अनुरोध किया भारत में एनडीबी के रीजनल ऑफिस की स्थापना का कार्य जल्द प्ररा किया जाए इससे हमारी प्राथमिकता के क्षेत्रों में प्रोग्रेस को बढ़ावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की जरूरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि ब्रिक्स व्याापार परिषद डिजीटल स्वास्थ्य प्रक्रियाएं इस्तेमाल करने के बारे में भारत में हैकाथॉन आयोजित करने पर विचार कर सकती है इन प्रयासों में मेडिकल डिवाइस ऊर्जा के नए विकल्पों और दिव्यांग तथा ब्रज़ुर्गों के लिए इनोवेशन्स को प्राथमिकता दी जा सकती है इन पहलों से हमें समाज के लिए उपयोगी रिसर्च को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी इस दिशा में भारत ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन करेगा इससे स्वस्थ जीवनशैली के लिए इनोवेशन सोल्यूशन्स को प्रोत्साहित किया जा सकेगा प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मलन में भाग लेने के बाद नई दिल्ली वापस आ गये हैं एक ट्वोट संदेश में श्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया उन्होंने कहा कि ब्रिक्स नेताओं ने व्यापार नवाचार प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत बनाने के बारे में उपयोगी विचार विमर्श किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्त वर्ष के लिये धान खरीद के निर्धारित पचास लाख मीट्रिक टन लक्ष्य को समय से पूरा करने के साथ किसानों के खाते में तीन दिनों के अन्दर धनराशि भेजने के निर्देश दिये हैं श्री योगी कल शाम अपने सरकारी आवास पर धान खरीद की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि और खूशहाली के लिये सभी आवश्यक कदम उठा रही है

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में निकल कर धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर सभी धान क्रय केन्द्रों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा मुद्दे पर भारत और चीन में विचार भेद के बावजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम रखने के उद्देश्य से दोनों देशों की सेनाएं पूरी समझदारी से काम कर रही हैं भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकी बुम ला का दौरा करने के बाद रक्षामंत्री ने यह भी कहा कि बुम ला दर्रे के आसपास नियंत्रण रेखा पर कोई तनाव नहीं है

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार जनजातियों के लिए कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाएगी आदिवासी कानून बदलने का सरकार कोई भी इरादा नहीं है अभी चार बार बताने के बावजूद भी हमने ये पाया कि ये गलतफहमियां ज्यों की त्यों बरकरार रहती हैं इसलिए आज हम जो ड्राफ्ट् सर्कूलेट हुआ था स्टेकहोल्डर्स के दरम्यान वो हम विदड्रा कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट में ऐसा कोई बदलाव करने की अभी कल्पना नहीं है श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार वनवासियों और जनजातियों के अधिकारों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है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

प्रदेश में कल से डेंगू सहित मच्छर जनित बीमारियों मलेरिया चिकनगूनिया फाइलेरिया कालाअजार और जापानी इंसेफ्लाइटिस के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिये दस्तक अभियान चलाया जायेगा

स्वास्थ्य विभाग को इस अभियान का नोडल विभाग बनाया गया है श्री योगी ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों से प्रभावित जनपदों में शहर और गांव सभी जगह फागिंग के साथ एन्टी लार्वा अभियान चलाया जाये

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के साथ स्कूलों कॉलेजों तथा ग्राम प्रधानों का सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज अपने सरकारी आवास पर प्रीपैड मीटर लगाकर सरकारी विभागों राजकीय आवासों और महानगरों में स्मार्ट प्रीपैड मीटर लगाने के अभियान की शुरूआत की

उन्होंने कहा कि सबको पर्याप्त निर्बाध तथा सस्ती बिजली मिले यह सरकार का संकल्प है उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपैड मीटर गरीब के घर में सस्ती बिजली पहुंचाने का रास्ता है श्री शर्मा ने सभी सांसदों विधायकों जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से अपने घर पर स्मार्ट प्रीपैड मीटर लगाकर लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया नई प्रणाली से उपभोक्ता ऑन लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट यूपीपीसीएल ऑन लाइन डॉट काम या स्मार्ट कंज्यूमर एप की मदद से अपनी खपत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

इस पुरस्कार के लिये अमेरिका और आस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों की पुलिस सेवाओं ने भागीदारी की थी किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रेस्पेरिटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सूर्यकांत को इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा और एप्लाइड इम्यूनोलॉजी द्वारा प्रतिष्ठित डीएन शिवपुरी ओरेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार उन्हें एलर्जी और अस्थमा के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यो के लिये दिया गया है पीलीभीत जनपद में टाइगर रिजर्व मानसून के बाद आज से पर्यटकों के लिये खोल दिया गया अब पर्यटक चूका पिकनिक स्पाट सहित जंगल की सैर कर सकेंगे जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने फीता काटकर पर्यटन सत्र का शुभारम्भ किया एक रिपोर्ट पीलीभीत टाइगर रिजर्व के द्वार आज से देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिये गए आज पर्यटकों ने बिना कोई शुल्क दिये चूका पिकनिक स्पॉट की सैर की निजी गाड़ियों को आज चूका तक जाने की अनुमति दी गई थी पर्यटकों ने चूका पहुंचकर जमकर मौज मस्ती की टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एच राजा मोहन डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल और महोफ रेंजर आरिफ जमाल ने पर्यटकों का स्वागत किया अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों के लिए इस बार नए रुट विकसित किये गए हैं ट्ररिस्ट गाइडों को पीटीआर की खूबिया बताने के लिए खास प्रशिक्षण दिया गया है चूका की हटो की ऑनलाइन बुकिंग भी पर्यटक करा सकेंगे

समाप्त